प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिंसा और आतंकबाद जैसी चुनौतियों से विरासत और मूल्यों की ताकत तथा धर्म और उसके सिदवांतों के संदेशों से निपटा जा सकता है आज नई दिल्ली में इस्लामिक विरासत समझ और उदारवाद को बढ़ावा देने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोई भी धर्म लोगों को असहिष्ण् होने और हिंसा की शिक्षा नहीं देता और बेकसूर लोगों पर बर्बर हमले करने वाले कभी भी किसी धर्म से ज्ड़े नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि धर्म की आत्मा कभी भी आमानवीय नहीं हो सकती क्योंकि हर परम्परा और संप्रदाय मानवीय मूल्यों को बढ़ाव देते है उन्होंने कहा कि युवाओं को इस्लाम के मानवीय मूल्यों से जुड़ना चाहिए और प्रगति के लिए आध्निक विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए श्री मोदी ने भारत की मिट्टी ने सभी धर्मो विश्वासों और विविध्ताओं को संजोया है और संस्कृति की विविधता ही भारत की पहचान है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में बनाये जा रहे कंलली मानेसर पलवल मार्ग के दोनों ओर एक एक किलोमीटर के अंदर तक ांचागत विकास किया जायेगा ताकि विभिन्न प्रकार के उदयोगों व्यवसायों व अन्य प्रकार की गतिविधियों को सुजित किया जा सकेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके

म्ख्यमंत्री ने यह जानकारी आज ग्रूग्राम में हरियाणा औद्योगिक संरचना विकास निगम कार्यालय के ओडीटोरियम में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रयोग योजना एवं सक्षम साथी इकाईयों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर म्ख्य अतिथि सम्बोधित करते हए दी

ये सभी सक्षम साथी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत ब्रांड अम्बेस्डर भी है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने महर्षि दयानंद विश्वविदयालय में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

इंडियन नैशनल स्ट्रेडेंट ओर्गेनाईजेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं विभाग के पीएचडी शोधार्थी प्रदीप देशवाल की याचिका पर अदालत ने रोक लगाने का आदेश दिया याचिका में कहा गया कि विश्वविदयाय प्रशासन ने आवेदन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर रखा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक आधार की भर्तियों में अनिवार्यता नहीं है हरियाणा के प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संध् ने आज राज्य प्लिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा हरियाणावासियों को होली की हार्दिक बधाई व श्भकामनाएं दी है

वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने कहा है कि केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसी शहीद के नाम पर रखने का स्झाव वर्तमान हरियाणा सरकार ने ही दिया था और हवाई अड्डे का नाम किसी क्षेत्र के नाम पर न रख कर शहीद सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है वित्तमंत्री आज चंडीगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

बजट बारे उन्होंने कहा कि किसान कृषि गरीब और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संत्लित करने तथा बिना राजनैतिक भेदभाव के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास पर बल दिया जाएगा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली सब्सीडी के जाने पर वित मंत्री ने कहा कि जहां तक संभव होगा सब्सीडी की पूर्ति की जाएगी पैट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर कई राज्य सहमत हैं हरियाणा के राज्यपाल प्रो कपनान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने होल के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व श्भकामनायें दी है म्ख्यमंत्री ने आज ग्रूग्राम में हिपा में नागरिक केद्रित प्रशासन और सुशासन पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क बाद पत्रकारों से बातचीत में आशा जताई कि प्रदेश हर नागरिक रंगों के इस त्यौहार पर हरियाणा एक हरियाण्वी एक की मूल भावना को ब ावा देने का संकल्प के साथ सदभावना सहयोग और समरसता को बढ़ावा देगा उन्होंने लोगों से रंगो के इस त्योहार परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाने और जैविक तथा परम्परागत रंगों का उपयोग करने का भी आग्रह किया अपने संदेश में राजयपाल ने कहा कि होली का त्यौहार ब्राई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह त्यौहार जाति संप्रदाय धर्म आदि के भेद को भुलाकर परस्पर प्रेम व सदभाव लेकर आता है राज्यपाल ने लोगों से रंगों के इस त्यौहार का पारस्परिक स्नेह और भाईचारे क भावना से मनाने की अपील की वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने भी लोगों को होली की श्भकामनाएं देते हए कहा कि यह त्यौहार हमारी प्राचीन संस्कृति सदभावना व भाईचारे का प्रतीक है लोगों को मन मुटाव भुलाकर ऐसे त्यौहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ राज्य वासियों को होली की बधाई देते हए कामना की कि यह त्यौहार उनके जीवन में और अधिक सुख समृदवि लेकर आये ऐतिहासिक ग्रूद्वारा जोडिय़ां यम्नानगर के धड़ा साहिब ग्रूदवारे में छ दिन तक चलने वोल होला मोहल्ला समागम आज श्रू हो गया

संत निश्चल सिंह ट्रस्ट के प्रधान संत कर्मजीत ने बताया कि समागम में शाई लाख के करीब श्रद्वालुओं के पहंचने की उम्मीद है

समागम दौरान नगर कीर्तन भी होगा जो यहां से चल कर पांवटा साहिब ग्रूदवारे में संपन्न होगा समागम दौरान अमृत संचार मेडिकल चेकअप कैंप व रक्तदान शिविर भी लगाये जा रहे है पलवल के गांव मोबली प्र के निकट यम्ना से अवैध खनन करने जा रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने आज एक बच्ची को क्चल दिया